विधानसभा सचिवालय और इसके आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं

कार्य सूची के अनुसार पहले शोकोदगार होगा और फिर अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा इसके अलावा अन्य शासकीय व विधायी कार्य निपटाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आकाशवाणी संवाद्दाता शिशु शर्मा शांतल से बातचीत में सभी विधायकों से इस सत्र का प्रयोग जनहित में चर्चा के लिए करने का आहवान किया है बैठकें इधर भाजपा विधायक दल की शिमला में बीती रात हुई बैठक में सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई

द्रसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता मे हुई जिसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न ज्वलंत मुददों पर चर्चा की गई राज्यपाल अखिल भारतीय हिन्दू कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेश कुमार सहगल ने कल राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने वाले श्रद्वालुओं की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा राज्यपाल ने समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और सरकार को भेजने का आश्वासन दिया पॉलीथीन बैन प्रदेश में पॉलीथीन पर पूरी तरह रोक के बावजूद सोलन ज़िले में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है परवाणु के रास्ते प्रदेश में खुलेआम प्लास्टिक आ रहा है जिस पर दुकानदार और व्यापारी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ज़िले में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग इस पहाड़ी प्रदेश के लिए बेहद हानिकारक है इस संबंध में लोगों ने प्रशासन से व्यापक कार्रवाई की मांग की है ताकि ज़िले को प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम से बचाया जा सके अवैध कब्जे वन विभाग ने वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने की मुहिम तेज कर दी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बीस नगर पंचायतों में सिंगल विंडो से पास होंगे नक्शे पंजाब केसरी का शीर्षक है टीसीपी का चक्कर छूटा कार्यकारी अधिकारी व पंचायत सचिवों को मिली शक्तियां दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कस्बों में घर बनाना आसान सिंगल विंडो के तहत मिलेगी अनुमति दैनिक जागरण लिखता है नगर पंचायतें पास करेंगी नक्शे कार्यकारी अधिकारी व पंचायत सचिवों को निदेशक के बराबर शक्तियां हिमाचल दस्तक के अनुसार नक्शे पास करवाने को टीसीपी मंजूरी का झंझट खत्म हुआ दैनिक न्याय सेतु के मुताबिक शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की शक्तियां बढ़ाईं विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी का शीर्षक है विधानसभा का सत्र आज से भाजपा कांग्रेस ने तैयार की रणनीति

दैनिक न्याय सेतु लिखता है अग्नि परीक्षा साबित होगा आज से आरंभ होने वाला बजट सत्र अमर उजाला की सुर्खी है विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यसभा के लिये नड्डा ही होंगे भाजपा प्रत्याशी दैनिक जागरण की खबर है

अमर उजाला के शब्द हैं राज्यसभा के लिये नड्डा फिर बने भाजपा प्रत्याशी देर रात तक चली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में फैसला कांग्रेस के समय खुला दलाश पॉलीटेक्निक संस्थान होगा बंद दैनिक भास्कर की एक खबर है ओपन स्कूल के छात्र भी नीट के लिये पात्र शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया संस्थान के छात्रों को तोहफा अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय चरस की तस्करी में प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिये पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी सहयोग देने को कहा है दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय में मंडी व शिमला शहरों से शुरू किये गए नो हॉर्न अभियान पर टिप्पणी की है शीर्षक है हॉर्न के शोर से दूर हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय तिल का ताड़ न बनाए कांग्रेस में विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की उम्मीद जताते हुए लिखा है कि सार्थक बहस होने पर ही जनता के हित की सरिता निकलेगी